मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केन्द्र सरकार किसानों के कल्याण के लिये सभी कदम उठा रही है और वह किसानों की वास्तविक हितैषी है आज विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग किसान आन्दोलन के नाम पर देश की छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और राष्ट्र के विकास में बाधा पैदा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने संवेदनशील माहौल मे किसान संगठनों के साथ कई बैठके की है आर इसे आगे भी जारी रखा गया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र विकास कर रहा है और देश में विभिन्न क्षेत्रों में भारी निवेश आ रहा है

इस योजना के अन्तर्गत किसानों के खातों में छह हजार रूपये की धनराशि प्रति वर्ष भेजी जा रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना योद्वाओं के अप्रतिम योगदान के चलते कोरोना महामारी को रोकने में बड़ी सफलता मिली है उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिये आर उससे प्रभावित होने वाले गरीब तबके और श्रमिकों को राहत देने के लिये बड़े पैमाने पर योजनाएं लागू की जिनका सकारात्मक परिणाम मिला

प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी सदस्यों ने कृषि कानून सहित अन्य मुद्दों पर हंगामा और नारेबाजी की समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नये कृषि कानून और अन्य मुद्दों के खिलाफ वेल में आकर नारेबाजी करने लगे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सदन को स्थगित करने आर कृषि कानूनों सहित किसानों के अन्य मुद्दों पर बहस की मांग की

इस बीच संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्षी सदस्यों पर किसान हितैषी न होने और उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया बार बार सदन के स्थगन के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका बाद में सदन में आज दिवंगत सदस्यों के संबंध में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसके बाद सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेताओं को श्रद्वाजंलि दी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मोती लाल बोरा के निधन पर भी मुख्यमंत्री द्वारा शोक प्रस्ताव पेश किया गया इधर विधान परिषद में आज कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कार्यकारी सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह के खिलाफ अविश्वास जताते हुए उन्हें हटाकर नये सभापति का चुनाव कराने की मांग उठाई

दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर नेता विपक्ष अहमद हसन ने इस मुद्दे पर अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से वॉकआउट किया शून्य प्रहर में सपा सदस्यों ने उन्नाव में दो किशोरियों की मौत और तीसरी के गंभीर होने का मामला कार्यस्थगन के रूप में उठाया विपक्षी सदस्यों ने इस मामले को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाये विपक्ष के आरोपा का जवाब देते हुए नेता सदन ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है हर स्तर पर अपराधों में कमी आई है और जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ा है उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा दी गई है साथ ही पीड़िता के उपचार में आने वाला खर्च सरकार उठा रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार के निरन्तर प्रयासों से राज्य निवेशकों और उद्यमियों के लिये आकर्षक गंतव्य के रूप में सामने आया है उन्होंने कहा कि प्रदेश का नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी का क्षेत्र देश में निवेश का सर्वाधिक संभावना वाला क्षेत्र है यहां निवेश के प्रस्ताव लगातार प्राप्त हो रहे हैं

उन्होंने बताया कि आइकिया एक अतंर्राष्ट्रीय संस्था है जो महिला सशक्तिकरण बाल विकास सहित सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र में कार्य कर रही है इस संस्था द्वारा नोएडा में पांच हजार पांच सौ करोड़ रूपये का निवेश किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में भी प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव आये

श्री प्रसाद ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों का आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई वहीं छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का भी कार्य किया गया केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज देश भर में बच्चों के सघन टीकाकरण कार्यक्रम मिशन इन्द्रधन्ष के तीसरे चरण का शुभारंभ किया

डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभियान में शामिल सभी मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि हमें शत प्रतिशत टीकाकरण का संकल्प लेना चाहिए

छत्रपति शिवाजी को भारत माता के महान सपूत के रूप में याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका अदम्य साहस पराक्रम और बुद्धिमत्ता देशवासियों को युगो युगों तक प्रेरणा देती रहेगी